इस अवसर पर राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सांसद आलोक संजर और स्वास्थ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि गरीबों को इलाज की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी उन्होंने सक्षम लोगों का आव्हान किया कि वे जरूरतमंद गरीबों को सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने में स्व प्रेरणा से मदद करें मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आम लोगों की सहूलियत के लिये श्फूड सेफ्टी ऑन व्हीलश वाहन को रवाना किया इस वाहन में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण करने का किट भी उपलब्ध रहेगा

ग्राम समाएं प्रदेश में असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी देने के लिये आज शाम विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी इसमें पंजीकृत श्रमिकों की सूची पढकर सुनायी जाएगी साथ ही इस महत्वाकांक्षी योजना और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल जिले के गुनगा में आयोजित ग्रामसभा में शामिल होकर प्रदेश की ग्रामसभाओं को संबोधित करेंगे

इन परिवारों को प्रसूति सहायता कक्षा एक से पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा कोचिंग आवासीय पट्टे और मकान बनाने के लिये सहायता रोजगार प्रशिक्षण स्वरोजगार में मदद इलाज की सुविधा फ्लैट रेट पर बिजली और अंत्येष्टि सहायता आदि योजनाओं का लाभ मिलेगा उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आज असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा वहीं खंडवा से संवाददाता ने बताया है कि जिले में आयोजित की जाने वाली ग्रामसभाओं में मुख्यमंत्री के संदेश के सजीव प्रसारण को सुनवाने के लिए समुचित तैयारी की गई है सिंध जलावर्धन योजना शिवपुरी शहर में सिंघ जलावर्धन योजना के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग को लेकर आज लोगों ने एक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जल क्रांति आंदोलन कर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग कि सिंघ प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में बरती गई लापरवाही सुधारी जाये

गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत किए गए कायाँ में गड़बड़ी की बात सामने आई है बीते शनिवार को खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी इस प्रोजेक्ट के तहत चल रहे धीमे कार्य पर नाराजगी जाहिर की थी निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विघानसभा के आमचुनाव के लिये तैयारियां शुरू कर दी गयी है

इसमें अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी जाएगी

घायलों को जिला अस्पता में भर्ती कराया गया है जानकारी के अनुसार अमरपाटन क्षेत्र के अहिरवार के निकट बारातियों की बस विपरित दिशा से आ रहे ट्रक से टकराने से यह हादसा हो गया वही श्यौपुर जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में हुई एक कार और मोटर साइकल की भीडंत में पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई